राज्य सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्दाजंलि देने के लिए कल शिमला में आयोजित करेगी सर्वदलीय प्रार्थना सभा केंद्र की प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना गर्भवती महिलाओं के लिए बनी मददगार

मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने को सुनिश्चित कर रही है ताकि समाज के लक्षित और कमजोर वर्गों तक इनका लाम पहंच सके मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज शिमला में केंद्रीय प्रायोजित कल्याण योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज्य की विकासात्मक जरूरतों के प्रति उदार है

उन्होंने सभी केंद्रीय योजनाओं के तय समय में प्रभावी ढंग से संचालन के अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि समय रहते साकारात्मक परिणाम सामने आ सकें छात्रवृत्ति मामला इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा की गई इन छात्रवृति योजनाओं में अनेक अनियमितताएं पाई गई हैं

उन्होंने कहा कि अब एक बैंक खाते पर एक ही छात्र को छात्रवृत्ति मिलेगी और बिना आधार नम्बर के छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी को कतई सहन नहीं किया जाएगा माजपा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर और मुख्यमंत्री के ओएसडी महेंद्र धर्माणी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां लाने आज दिल्ली गए हैं

उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी की अस्थियां शिमला स्थित पार्टी कार्यालय लाई जाएगी और बाद में इन्हें प्रदेश की प्रमुख नदियों में विसर्जित किया जाएगा सतपाल सत्ती ने कहा कि अटल जी ने भारत की समी नदियों को जोड़ने की सोच रखी थी इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य सरकार की ओर से कल शिमला में सार्वजनिक सर्वदलीय प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा

करीब एक घंटे तक चली इस बैठक में सत्र से संबधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई राजीव बिंदल ने दोनों पक्षों से सदन की कार्रवाई सुचारू चलाने में सहयोग का आग्रह किया उन्होंने सरकार से प्रश्नों के उत्तर और अन्य नियमों के तहत लाए गए विषयों पर पूरी तैयारी के साथ सदन में जवाब प्रस्तुत करने का आग्रह किया विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि नियमों की परिघी और समय की उपलब्धता के अनुसार विघायकों के जो भी विषय प्राप्त होंगे उसके लिए उन्हें समय उपलब्ध करवाया जाएगा अनुराग ठाकुर लोकसभा में मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को युग पुरूष बताते हुए राष्ट्र निर्माण में उनके सिद्धांतों व विचारों को महत्वपूर्ण बताया है एक बयान में उन्होंने कहा है कि पिछले कल दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में अटल जी की प्रार्थना सभा में देश भर से आए हर पार्टी प्रतिनिधियों की उपस्थिति उनका राजनीतिक अजात शत्र् होना दिखाता है

कांग्रे स ज्ञापन कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष ठाकुर सुखविंद्र सिंह के नेतृत्व में नशा तस्करी के विरूद्व सख्त कानून बनाने को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर को आज शिमला में एक ज्ञापन सौंपा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मादक पदार्थो के खिलाफ कड़े कानून बनाने का आग्रह किया ताकि इनकी तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार प्रदेश को देश का मादक पदार्थ मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कल ही सात पड़ौसी राज्यों के साथ हुई बैठक में मादक पदार्थों का दुरूपयोग रोकने के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करने का निर्णय लिया गया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फार्मा इंडस्ट्रीज की नियमित जांच कर सिंथेटिक दवाओं के उपयोग और तस्करी के संबंध में प्रभावी कदम उठायेगी मातृत्व योजना केंद्र द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना गर्भवती महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही है

कुल्लू ज़िले में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना से जहां महिलाओं को बेहतर उपचार मिल रहा है वहीं उनके समय की भी बचत हो रही है

इस योजना के कुल्लू ज़िले में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं

मुख्य चिकित्सा अधिकरी डॉक्टर सुशील शर्मा के मुताबिक योजना का संचालन सुचारू ढंग से किया जा रहा है और इसके तहत गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड भी अलग से रखा जाता है

कुल्लू से आशीष शर्मा के साथ मैं राजकुमारी चंदेल आकाशवाणी समाचार शिमला टैक्सटाईल राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने केंद्रीय हस्तशिल्प टैक्सटाईल मंत्रालय के विकास आयुक्त शांतमनु से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने हिमाचल के लिए स्वीकृत परियोजनाओं में धनराशि जल्द जारी करने का आग्रह किया संजीव कटवाल ने चीड़ की पत्तियों का उचित उपयोग करने के लिए महिलाओं व बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक परियोजना तैयार करने के बारे में भी चर्चा की

बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राज्य प्रभारी राजवंत संधू ने आज सोलन जिले की नौणी पंचायत के किसानों व पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की इस दौरान कई किसानों ने फसल बीमा योजना में आने वाली समस्याओं को बारे में बताया और केसीसी सुविधा को भी सरल बनाने की मांग की राजवंत संधू ने प्रधानमंत्री कृषि फसल योजना को सरल बनाने की जरूरत बताते हुए इसके तहत शिमला मिर्च और मटर की पैदावार को भी शामिल करने की बात कही

इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी ज़िला प्रशासन को सतर्क रहने को कहा है सिरमौर के उपायुक्त ललित जैन ने लोगों से भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति में नदी नालों के समीप न जाने की अपील की है उन्होंने कहा कि ज़िला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा किसी भी आपदा से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं उपायुक्त ने लोक निर्माण सिंचाई व जनस्वास्थ्य और विद्युत विभाग के अधिकारियों को छुट्टी पर न जाने के निर्देश दिए हैं उघर मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने भी स्थानीय लोगों और पर्यटकों से भारी बरसात की स्थिति में नदी नालों के पास न जाने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि ज़िला आपदा प्रबंधन को भी सर्तक रहने के निर्देश जारी किए गए हैं